सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को दस प्रतिशत आरक्षण देने का अधिनियम लागू

भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा एक दिवसीय किकेट मैच आज एडिलेड में खेला जा रहा है

राज्यपाल कल्याण सिंह ने कल राजभवन में भाजपा के वरिष्ठ नेता गुलाब चन्द कटारिया को प्रोटेम स्पीकर की शपथ दिलाई इस मौके पर मुख्यमत्री अशोक गहलोत उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट सहित सरकार के कई नये मंत्री और विधायक भी मौजूद रहे आज विधानसभा सत्र के पहले दिन प्रोटेम स्पीकर गुलाब चंद कटारिया नवनिर्वाचित विधायकों को विधानसभा सदस्य की शपथ दिलायेंगे इसके अगले दिन विधानसभा अध्यक्ष का चयन किया जायेगा उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने बताया कि विधानसभा अध्यक्ष के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेता और नाथद्वारा विधायक डॉक्टर सी पी जोशी के नाम पर सहमति बनी हैं उन्होंने बताया कि विधायक महेश जोशी सरकारी मुख्य सचेतक तथा विधायक महेन्द्र चौधरी उपमुख्य सचेतक होंगे माना जा रहा है कि विधानसभा के इस पहले सत्र में गहलोत सरकार द्वारा हाल ही में निकाय चुनाव के लिए शैक्षणिक योग्यता समाप्त करने तथा महापौर का चुनाव सीधे जनता से कराने संबंधी निर्णयों पर विधेयक लाये जा सकते हैं वहीं विपक्ष इस सत्र में किसानों की कर्ज माफी युवाओं को रोजगार अवैध बजरी खनन तथा यूरिया की किल्लत आदि मुद्दों पर कांग्रेस सरकार को घेरने की कोशिश करेगा उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा है कि युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना और किसानों की समस्याएं दूर करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शनिवार को अधिनियम को मंजूर दी थी

राजस्व मंडल अजमेर की ओर से प्रदेश के सभी जिला कलेक्टर को पत्र लिखकर उनके जिले में नियोजित गिरदावर और पटवारियों के बकाया चल रहे वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन को भिजवाने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं राजस्व मंडल से मिली जानकारी के अनुसार कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के अभाव में विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक में अधिकांश ऐसे कार्मिक डेफर्ड श्रेणी में आ रहे है जिससे उनकी समय पर पदोन्नति करने में बाधा आ रही है

न्यायाधीश संगीत लोढ़ा और न्यायाधीश दिनेश मेहता की खंडपीठ ने इस मामले में समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों पर स्वप्रेरणा से संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका दायर कर केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी किये

गौरतलब है कि गोडावण की घटती संख्या को देखते हुए आठ वर्ष पहले सरकार ने इनके संरक्षण की योजना बनाई थी

सुबह विभिन्न अखाड़ों के साध् संतों ने गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती नदी के संगम कुंभ में ड्वंकी लगाई मेला प्रशासन के अनुसार मकर संकांति पर लगभग सवा करोड़ श्रद्वालु पवित्र संगम में स्नान करेंगे

महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था की गई है

इस वर्ष मकर संक्रांति पर दान प्रण्य दो दिन होने की वजह से आज सुबह से ही मंदिरों और पवित्र सरोवरों में श्रद्वालुओं का पहुंचना जारी है इस अवसर पर कल भी दिनभर लोगों दान पुण्य किए वहीं राजधानी जयपुर में लोगों ने घर की छतों पर पतंगबाजी का लुफ्त उठाया मेकर सकांति के अवसर पर कल जयप्र में जलमहल की पाल पर पर्यटन विभाग की ओर से पतंग उत्सव का आयोजन किया गया ै इसमें अनेक देशी विदेशी पर्यटकों ने पतंगबाजी का आनन्द उठाने के साथ राजस्थानी व्यंजनों का स्वाद चखा इस अवसर पर लोक कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए

शहीद का पार्थिव शरीर आज उनके पैतुक गांव लाया जाएगा जहां राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा

बाड़मेर में वन विभाग की ओर से जलीय पक्षिओं की गणना का काम कल से शुरू हुआ

वन विभाग की ओर से जिले के बालोतरा क्षेत्र के रेवाड़ा तालाब और पचपदरा खार में पक्षियों की गणना की गई

भारत आस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की श्रृंखला का दूसरा और एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय किकेट मैच आज एडीलेड में खेला जा रहा है ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया है

सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को दस प्रतिशत आरक्षण देने का अधिनियम लागू